केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा कल ऊना में रेलवे की विभिन्न योजनाओं का करेंगे शुभारम्भ और मकर सक्रांति के मौके पर तीर्थ स्थलों में श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मंडी ज़िले के पांगणा में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल और तत्तापानी में प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र खोलने की घोषणा की है उन्होंने आज तत्तापानी में घाटों के निर्माण और सतलुज तट के सौंदर्यकरण कार्यो की आधारशिला रखी तत्तापानी में ही जिला स्तरीय मकर सकांति मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र को जलकीड़ा गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा

इस दौरान जयराम ठाकुर ने क्षेत्र में जस्सल सवींधार उठाऊ जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यभार संभालने के बाद विकास को गति मिली है इससे पहले मुख्यमंत्री ने हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा आयोजित निशुल्क चिकित्सा व रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने सुन्नी में शिमला ग्रामीण किकेट गोल्ड कप ट्र्नामेंट में भी शिरकत की मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना ठाकुर विधायक हीरा लाल और राकेश जम्वाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे एबीवीपी सीएम इससे पहले पूर्वोत्तर राज्यों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की ये विद्यार्थी इन दिनों इंटर स्टेट लिविंग कार्यक्रम के तहत प्रदेश के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे का एक हिस्सा ये एहसास करवाता है कि विविधता में भी हम आत्मा और दिल से एक हैं उन्होंने छात्रों से अपने अपने राज्यों में एबीवीपी संगठन को अधिक सुदृढ़ कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का आग्रह किया मुख्यमंत्री की पत्नी साधना ठाक्र और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे कार्य योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थो के इस्तेमाल की समस्या के निवारण के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना का मसौदा तैयार किया है मादक पदार्थों की मात्रा में कमी लाने की पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है इसमें प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा नशामुक्ति और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग कटौती नीति के मसौदे को मंत्रिमंडल से वापस लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है कार्ययोजना में स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में पुलिसकर्मियों अर्धसैनिक बलों कानून प्रवर्तन एजेंसियों न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता संगठनों के लिए जागरूकता सुजन कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं

विधानसभा सचिवालय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है सत्र की शुरूआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत के संबोधन के साथ होगी

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में चलेगी

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने एक बयान में कहा कि सरकार के पास पर्याप्त समय था और सत्र को इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू किया जा सकता था उन्होंने कहा कि बजट सत्र महत्वपूर्ण रहता है और इसकी अवधि कम करने से प्रदेश हित के मुद्दों को मंच नहीं मिल पाएगा

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि ये ऐतिहासिक विधेयक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए वरदान साबित होगा उन्होंने कहा कि इस निर्णय से केन्द्र और राज्य सरकार के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को बल मिला है जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के क्शल नेतृत्व में केन्द्र सरकार सभी को समान अवसर सुनिश्चित कर रही है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कन्या भ्रण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने में समाज के अलावा चिकित्सकों की भूमिका को अहम बताया है पालमपुर के मनसिम्बल में बेटी बचाओ अभियान पर एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि लिंग अनुपात में असंतुलन चिंतनीय है और इस अनैतिक कार्य में लिप्त लोगों के लिए सरकार ने कड़ी सजा का प्रावधान किया है परमार ने कहा कि राज्य सरकार सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा भी सुनिश्चित बना रही है उन्होंने बताया कि आने वाले समय में नगरोटा बगवां नागरिक अस्पताल को सौ बिस्तरों में स्तरोन्नत किया जाएगा रेल मंत्री केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा कल सुबह ऊना में अंब अंदौरा से दौलतपुर चौक के लिए नव निर्मित रेल लाईन का लोकार्पण करेंगे

इसके अलावा वे अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच रोज़ाना चलने वाली हिमाचल एक्सप्रैस रेलगाड़ी को दौलतपुर चौक तक चलाए जाने को भी हरी झंडी दिखाएंगे केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री का ऊना स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षा कक्ष सहित अंब अंदौरा दौलतपुर चौक रेल लाईन के विद्युतीकरण कार्यों का शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है

ग्रामीण विकास व मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने देहरा में आज मछआरा सम्मेलन में कहा कि राज्य में अच्छी किस्म का मछली बीज तैयार करने की दिशा में विशेष कार्य किया जा रहा है ताकि इसे बाहरी राज्यों से न मंगवाना पड़े उद्योग मंत्री बिकम ठाक्र ने मछ्आरों के हितों की सुरक्षा के लिए मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत पर बल दिया सांसद अनुराग ठाक्र और योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला भी सम्मेलन में मौजूद रहे इस दौरान वीरेन्द्र कंवर ने देहरा में एक सम्मेलन में पंचायत प्रतिनिधियों से बजट का सही और समय पर उपयोग सुनिश्चित बनाने को कहा

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तीर्थ यात्री शहर में आने शुरू हो गए हैं और साध् संतों के अलावा विदेशी पर्यटक भी मेले में आ रहे हैं कुंभ मेले का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने अलग से एक किलो वॉट का रेडियो स्टेशन कुंभवाणी स्थापित किया है कुंभवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाईव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की गई है अनुराग ठाकुर इस बीच सांसद अनुराग ठाक्र ने कहा है कि कुंभ मेले में सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा श्रद्वालुओं को चिकित्सा सेवा मुंहैया करवा रही है

मकर संक्राति मकर संक्राति का पर्व आज प्रदेशभर में धार्मिक श्रद्वा व उल्लास के साथ मनाया गया इस मौके पर धार्मिक सरोवरों में श्रद्वालुओं ने पवित्र स्नान किया और तुलादान सहित अन्य दान भी किए शिमला व मंडी ज़िला की सीमा पर स्थित तत्तापानी कुल्लू ज़िले के मणिकर्ण और बिलासपुर ज़िले के मारकंड में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं का आना जाना लगा रहा मकर सक्रांति पर शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्वालुओं ने शीश नवाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की सोलन सहित अन्य स्थानों पर लोगों ने देवी देवताओं को तिल के लड्डुओं सहित खिचड़ी का भोग अर्पित किया विभिन्न स्थानों पर खिचड़ी का लंगर भी लगाया गया जिसमें लोगों को प्रसाद वितरित किया गया इस बीच लोहड़ी का पर्व कल हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में भी उत्सव की धूम रही स्थानीय लोगों के अनुसार लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व के बाद घाटी में मंदिरों के कपाट बैशाखी तक बंद हो गए हैं

इसी तरह दूसरी और तीसरी उड़ान भूंतर तांदी डाईट भूंतर के बीच होगी ये सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यो में गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं

बिंदल ने कहा कि वे स्वयं निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं का लगातार निरीक्षण और निगरानी कर रहे हैं हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा में आज बार कांउसिल के एक कार्यक्रम में शिरकत की उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुराह क्षेत्र में सब जज कोर्ट खुलने जा रहा है जिसमें अधिवक्ताओं का सहयोग अपेक्षित है हंसराज ने कहा कि न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में प्रयासरत है